इस चरण में नौ राज्यों के ईकहत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे जम्मू कश्मीर में अनंतनांग लोकसभा सीट के कुलगाम जिले में भी कल ही मतदान होगा चौथे चरण में महाराष्ट्र की सत्रह राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तेरह तेरह पश्चिम बंगाल की आठ मध्यप्रदेश और ओडिशा की छह छह बिहार की पांच और झारखंड की तीन सीटों पर मतदान होगा चौथे चरण के प्रचार का कल आखिरी दिन था विभिन्न दलों के नेताओं ने कल धुआधार प्रचार किया भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नेरेंद्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई दलों के नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित किया

समीक्षा के दौरान सेना के कमांडर को मौजूदा सुरक्षा स्थिति और चीन की सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा की परिचालन संबंधी तैयारियों के बारे में बताया गया सेना कमांडर ने सैनिकों से बातचीत की और दुर्गम इलाकों और प्रतिकूल मौसम की स्थिति में देश की सुरक्षा में उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की दौरे के दौरान जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के साथ गजराज कोर्प्स के जनरल ऑफिसर कामांडिंग लेप्टेनेंट जनरल मनोज पांडे भी थे

उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि वे जहाँ भी तैनात होवहां नागरिकों के साथ मेलजोल बनाके रहे

शिविर में पैरामेडिकल स्टाफ के साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों ने विभिन्न बीमारियों के लिए इलाज किया दो दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन मुख्यमंत्री रोगी कल्याण कोष की ईस्ट सियांग जिला इकाई और फर्स्ट रेफरल यूनिट रुकसिन द्वारा किया गया था

उन्होंने कहा कि हालही में आरक्षित वन के सिरुंग भाग में नियमित गश्त के दौरान उन्हें पगमार्क दिखाई दिए नवंबर दो हजार सत्रह में भी जोनाई के वन अधिकारियों ने आरक्षित वन में इसी तरह के पगमार्क दिखे थे अधिकारियों ने कहा कि हालांकि बड़ी बिल्लियों के प्रजाति जैसे तेंदुए तेंदुए बिल्लियां और जंगली बिल्लियां आरक्षित वन में पाई जाती है लेकिन आमतौर पर रॉयल बंगाल टाइगर इस क्षेत्र के जंगलों में कही भी नही पाया जाता है

तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश असम नागालैंड और मणिप्र के केंद्रीय विद्यालयों से करीब सत्तर विद्यार्थी भाग ले रहे है अपने संबोधन में जिला उपायुक्त ने सभी छात्रों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करते हुए के वी पासीघाट को प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया इससे पहले उन्होंने स्क्रल की वार्षिक मेगाजिन जारी की केंद्रीय विद्यालय पासीघाट के प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता को आयोजित करने के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दिए

आज का अधिकतम तापमान पच्चीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बाईस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई